मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किन्नौर जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अलावा भरमौर के खणी लाहौल के बारिंग व पांगी के कवास में भी आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले में बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी पुराने खम्भे और ट्रांसफार्मर स्तरोन्नत किए जाएंगे

उन्होंने ज़िले की प्रमुख औद्योगिक इकाईयों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की राज्यपाल ने कोरोना महामारी से निपटने को लिए जागरूकता अभियान को बढ़ाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखना ज़रूरी है जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण देश सहित प्रदेशभर में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है प्रदेश विश्वविद्यालय के मानव संसाधन केन्द्र द्वारा वैबीनार के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर उन्होंने ये बात कही

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में सूअर पालन योजना का शुभारम्भ किया

उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बालूगंज बाजार से आवाजाही की अनुमति नहीं होगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए वाहनों की आवाजाही वाया चक्कर कर दी गई है

जिला दण्डाधिकारी आरके परूथी ने बताया कि शहर में गहन सैंपलिंग करने व सामुदायिक संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है इस बीच कुल्लू ज़िले की बैहना व कराड़ पंचायतों में कोरोना मामले सामने आने के बाद छांवटी और कोठी गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है

उन्होंने प्रदेश सरकार पर सोशल डिस्टैंसिंग पर दोहरे मापदण्ड अपनाने का भी आरोप लगाया है किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने राज्य सरकार से सेब बागीचों में स्कैब व अन्य बीमारियों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है शिमला से जारी एक बयान में सभा के वित्त सचिव संजय चौहान ने सरकार से सभी बागीचों में विशेषज्ञों की टीम भेजने व बागवानी विभाग के सभी केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है